इस मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया इधर राज्य में विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे पर सरकार और राजभवन में गतिरोध बरकरार है राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कृष्ठ सवालों के साथ सरकार को वापस भेज दिया है पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी बार है जब राज्यपाल ने सरकार के विधानसभा सत्र ब्रलाने के प्रस्ताव को लौटाया है

श्री पुरी ने ट्वीट कर कहा कि वंदे भारत मिशन का पांचवां चरण एक अगस्त से शुरू होगा श्री पुरी ने कहा कि एयर इंडिया टिकटों की बुकिंग के बारे में विस्तृत व्यौरा जल्द ही घोषित करेगा राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कलाम को श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉ कलाम प्रखर बुद्धि विवेक और सादगी की प्रतिमूर्ति थे ज्ञान के प्रति उनकी सतत जिज्ञासा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को हमेशा प्रेरित करती रहेगी वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारत रत्न डॉ अब्दुल कलाम को श्रद्वांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच सादगी सदो प्रेरित करती रहेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बल के स्थापना दिवस के मौके शुभकामना देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका निभा रहा है

श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सीआरपीएफ शौर्य साहस और बलिदान का पर्याय है

प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है